सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले चिंतनीय है तथा इससे निपटने के लिए प्रदेश की जनता का सहयोग अनिवार्य है उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोग सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहने तथा सुरक्षित सामाजिक दूरी का पालन करें

राज्य के अधिकांश स्कूलों में प्रधानाचार्यो की देखरेख में सेंनेटाईजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी

उन्होंने कहा कि ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगी

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कल घुमारवी में लोगों की समस्याओं को सुना

उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्य प्रदेश में तीव्र गति से चल रहे है और लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे है

यह जानकारी उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रोशन जसवाल ने दी

उपायुक्त आरके परूथी बताया कि जिला में नशा उन्मूलन कार्यक्रम के अतंर्गत सभी महिला मण्डलों युवक मण्डल तथा स्वयं सहायता समूह को इस अभियान से जोड़ा जाएगा दूसरी ओर मंडी जिला में भी कल से ही भांग व अफीम उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा किन्नौर जिले में आज पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य व स्पैशल सैकेटरी हैल्थ हुए क्वारंटाइन

प्रदेश में कल से खुलने वाले स्कूलों से जुड़ी खबर पर अमर उजाला लिखता है सूबे में कल से खुलेगे स्कूल सैनिटाइजेशन का काम पूरा

आपका फैसला लिखता है प्रदेश सरकार ने जारी की शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने की अधिसूचना दैनिक जागरण के अनुसार अटल टनल रोहतांग के दक्षिणी छोर पर मोदी के लिए बनने लगा मंच